जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर में भी इसका केन्द्र बनाया गया है

इस हेकेथॉन का लक्ष्य डिजिटल भारत के सपर्न को पूरा करना और युवाओं को देश के निर्माण से सीधे जोड़ना है ये इंजीनियरिंग के छात्रों को लीक से हटकर सोचने का अवसर देगा इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की विशेषज्ञता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है ताकि स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया और शासन में लोगों की भागीदारी के लिए आधार तैयार हो सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशमर में विभिन्न केंद्रों में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से आज शाम संवाद करेंगे श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि वे युवा नवाचारियों से बातचीत की प्रतीक्षा कर रहे हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की अध्यक्ष अनीता करवाल ने कहा है कि गणित और अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला विद्यार्थियों के हित में लिया गया है नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएगी

इन सभी मामलों में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय की सरंचना और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए पूर्व गृह सचिव मध्यकर गप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है सरकार गृह मंत्रालय को आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत करना चाहती है इसे ध्यान में रखकर ये समिति गठित की गयी है समिति मंत्रालय की प्रणाली क्षमता और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के बारे में भी सुझाव देगी आज राजस्थान दिवस है इस उपलक्ष्य में जयपुर में चल रहे राजस्थान फेस्टिवल के तहत मुख्य समारोह आज शाम जनपथ पर आयोजित होगा जहां तीन दिवसीय इस फेस्टिवल का भव्य समापन होगा इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही राजस्थान की सतरंगी छटा और गौरवशाली परम्परा को दर्शाती झांकियां प्रदर्शित की जाएगी विभिन्न जिलों में भी राजस्थान दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है शाम को आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा राजसमंद में आज प्रभात फेरी निकाली गई इसमें पुलिस घुडसवारों के साथ ही पुलिस बैण्ड जवाहर नवोदय विद्यालय के बैंण्ड और स्काउट्स की पूरी टीम शामिल थी बीकानेर में आज सरकारी गंगा संग्रहालय में कला में लोक जीवन विषय पर प्रदर्शनी लगाई जायेगी चूरू में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय की ओर से विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाई है

शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि रीट के आधार पर ततीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल एक और दो की भर्ती प्रक्रिया आगामी क्छ महिनों में पूरी हो जाएगी

श्री देवनानी कल जयपुर में नेशनल अचीवमेंन्ट सर्वे में देशभर में दूसरे स्थान पर आने पर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में बोल रहे थे देशभर में आज गुड फ़ाइडे मनाया जा रहा है इस अवसर पर ईसाई समुदाय की ओर से गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाए हो रही हैं मानवता की रक्षा के लिए प्रभू यीशू द्वारा कष्ट झेलने के प्रतीक के रूप में मनाये जाने वाले इस दिन पर आज प्रदेश के गिरिजाघरों में कूस यात्रा निकाली जा रही है बूंदी जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में वर्तमान हालात को देखते हुए इन्टरनेट सेवा और सोशल मीडिया पर कल रात आठ बजे से आगामी आदेश तक अस्थाई रोक लगा दी है उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी